इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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

इस कोटे में निजी क्षेत्र भी आ सकेंगे ताकि संयुक्त प्रयासों से हर वयस्क को जल्द से जल्द टीका लगाने का लक्ष्य हासिल किया जा सके केंद्र सरकार के माध्यम से टीकाकरण पहले की तरह जारी रहेगा और इसका सारा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी सरकारी माध्यम के अलावा निजी क्षेत्र के जरिए भी बड़ी संख्या में लोगों को तेजी से टीका लगाने की सुविधा मिलेगी निजी क्षेत्र के जरिए टीका लगाने का खर्च उठा सकने वाले लोग इस माध्यम से टीका लगवा सकेंगे डॉ हर्षवर्धन ने फिर कहा है कि केंद्र सरकार किसी को सीधे तौर पर टीके नहीं देती

केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाना कि उसे सस्ते दाम पर टीके मिल रहे हैं और राज्यों को नहीं पूरी तरह से गलत है उन्होंने कहा कि राज्यों को गारंटी मात्रा में मुफ्त टीकों की आपूर्ति हो रही है तथा वे लोगों की आवश्यकता अनुसार साथ साथ अन्य माध्यमों से भी टीके खरीद सकते हैं

उपायुक्त ने कहा कि चांडिल क्षेत्र में वैक्सीनेशन का काम पहले धीमी गति से चल रहा था लेकिन अब गति पकड़ने लगा है

बोकारो स्टील प्लांट अपनी क्षमता से ज्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति करने की योजना पर काम कर रहा है बताया गया है कि अभी लगातार लिक्विड ऑक्सीजन बोकारो स्टील प्लांट से देश के अलग अलग शहरों में भेजा जाएगा लगभग प्रतिदिन कहीं ना कहीं लिक्विड ऑक्सीजन की खेप भेजने की योजना है ऑक्सीजन एक्स्प्रेस के रवाना होने के दौरान मौके पर मौजूद दक्षिण पूर्व रेलवे आद्रा डिवीजन के एआरएम प्रभात प्रसाद ने कहा कि दूसरी खेप भेजा गया है और तीसरीखेप कल भेजी जानी है

उन्होंने कहा इस विषम परिस्थिति में रेलवे हर संभव सहयोग करने को तैयार है

यह संयंत्र लगाने के लिए राशि पीएम केयर्स फंड से दी जाएगी श्री मोदी ने संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द इन संयंत्रों को शुरू करने के आदेश दिए हैं

प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जिला मुख्यालय में चिन्हित सरकारी अस्पतालों में यह संयंत्र लगाए जाएंगे प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि इससे जिलों के सरकारी अस्पतालों में अचानक ऑक्सीजन आपूर्ति की समस्या नहीं होगी और उन्हें कोविड तथा अन्य रोगों से ग्रस्त मरीजों के लिए निर्बाध रूप से पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल सकेगी केन्द्र ने राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि तरल ऑक्सीजन का इस्तेमाल केवल चिकित्सा उद्देश्य से ही किया जाए देश में चिकित्सा ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए नौ उद्योगों को दी गई छूट भी वापस ले ली गई है केन्द्रीय गृह सचिव और राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों और केन्द्रीय शासित प्रदेशों के प्रशासकों को इस निर्देश का अनुपालन कराने के लिए लिखा है श्री भल्ला ने सभी निर्माण ईकाइयों से तरल ऑक्सीजन का उत्पादन अधिकतम करने और इसे तत्काल प्रभाव से चिकित्सा उपयोग के लिए सरकार को उपलब्ध कराने को कहा है तरल ऑक्सीजन के सभी भंडार भी चिकित्सा उपयोग के लिए सरकार को उपलब्ध कराए जाएंगे श्री भल्ला ने कहा कि तरल ऑक्सीजन के उपयोग को लेकर किसी भी उद्योग को किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी

कल तीन हजार दो सौ सतासी मरीज ठीक हुए है जबकि एक सौ तीन मरीजों की मौत हई है

अबतक राज्य में एक हजार नौ सौ एक्यानबे मरीज की मौत कोरोना से हुई है झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट पचहत्तर दशमलव एक छह प्रतिशत है केंद्र सरकार ने बढ़ते कोरोना संक्रमण पर कारगर नियंत्रण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संक्रमण ग्रस्त जिलों में कड़ी कार्रवाई और स्थानीय कंटेनमेंट उपाय करने की सलाह दी है

मंत्रालय ने ऐसे क्षेत्रों में नियंत्रण उपायों में सख्ती लाने को कहा है जहां संक्रमण में बहुत बढ़ोतरी हो रही हो केन्द्र सरकार ने राज्यों से महामारी पर नियंत्रण के लिए विशिष्ट जिलों शहरों और क्षेत्रों पर ध्यान देने के लिए त्वरित और लक्षित कार्रवाई करने को कहा है

इन दोनों में से एक भी स्थिति वाले जिलों में कड़ी कार्रवाई और कंटेनमेंट उपाय किए जा सकते हैं

कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने के बाद क्षेत्र का सर्वे कर सेनेटाइज भी किया जा रहा है प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर संगीता केरकेट्टा ने संबंधित क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाए जाने को लेकर प्रशासन को पत्र लिखा है ताकि कोरोना संक्रमण को रोका जा सके

अस्पताल से छट्टी मिलने या होम आइसोलेशन की अनुमति मिलने के बाद मरीजों को आवश्यक दवाइयों की किट और मार्गदर्शिका के साथ ऑक्सीमीटर भी उपलब्ध करवाया जा रहा है

जिला जनसंपर्क कार्यालय रामगढ़ द्वारा प्रचार वाहन के माध्यम से जिले के सुद्रवर्ती क्षेत्रों में रह रहे लोगों को कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के उद्देश्यों के प्रति जागरूक किया जा रहा है कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार को देखते हुए सरायकेला पुलिस प्रशासन द्वारा जिले के कई थाना क्षेत्र में एक साथ मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया

आरोपी पति ने आत्महत्या करने की नीयत से खूद को आग लगा ली

घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया मामले की जांच की जा रही है इधर गोड्डा जिले के मेहरमा थाने के पिरोजप्र टेंपो स्टैंड के एक किरानी की अपराधियों ने हत्या कर दी

मैच शाम साढे सात बजे से शुरू होगा वहीं कल रात दिल्ली कैपिटल्स ने सनराईजर्स हैदराबाद को रोमांचक सुपर ओवर में हरा दिया

एक अन्य मुकाबले में मुंबई में कल चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर को उनहत्तर रन से हराया